प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण आम जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है मौसम विभाग ने आज से चार दिनों तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है विभाग के अनुसार पूरे राज्य में मॉनसून कमजोर पड़ चुका है और अधिकतम तापमान में सात से आठ डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गयी है मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पछुआ हवा चलने के कारण मॉनसून के लिए अनुकूल स्थितियां नहीं बनी हैं पूर्वा बहने पर ही बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवा मॉनसून के लिए अनुकूल स्थितियां तैयार करती है अभी पूर्वा हवा सिर्फ पूर्णियां और भागलपुर तक के इलाकों में ही सीमित है इधर कटिहार मधुबनी और दरभंगा से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि सुबह से हो रही बारिश के कारण लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है वहीं दूसरी तरफ भीषण गर्मी को देखते हुये कई जिलों में स्कूलों को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है पटना में सभी सरकारी और निजी स्कूलों का संचालन सुबह पौने सात बजे से दिन के ग्यारह बजे तक करने का निर्देश दिया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि केंद्र सरकार की विभिन्न पहल से बिहार में दिमागी बुखार से मरने वाले बच्चों की संख्या में तेजी से गिरावट आयी है एईएस से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि ब्लड गैस इलेक्ट्रोलाइट्स और लैक्टेट जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों की निगरानी के लिए मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच अस्पताल में लगातार चलने वाले देखरेख परीक्षण सुविधा केन्द्र की स्थापना की गयी है डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि गहन बाल चिकित्सा इकाई में डायग्नोस्टिक सुविधाओं को भी मजबूत किया गया है इधर दिमागी बूखार से पिछले चौबीस घंटों के दौरान दो और बच्चों की मौत के बाद बीमारी से मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर एक सौ छियासी हो गयी है पूर्वी चम्पारण और रोहतास में एक एक बच्चों की मौत की खबर है सारण जिले में भी दिमागी बुखार का एक संदिग्ध मामला सामने आया है मुजफ्फरपुर के श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर के पास नरकंकाल मिलने के मामले की जांच शुरू हो गयी है उप विकास आयुक्त उज्ज्वल कुमार के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय टीम ने शवदाह स्थल का निरीक्षण किया बाद में उन्होंने बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस जगह पर वर्षों से शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है श्री कुमार ने कहा कि दर्जनों नरमुंड और हड्डियों के टुकड़े मिले हैं जो कई वर्षों पुराने प्रतीत होते हैं उन्होंने बताया कि हड्डियों के नमूने एकत्रित कर जांच से लिए भेजा जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराब माफिया के साथ सांठगांठ रखने वाले पुलिस कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है पटना में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान श्री कुमार ने कहा कि ऐसे मामलों में शामिल पुलिसकर्मियों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए उन्होंने कहा कि शराबबंदी को प्रभावी और कारगर ढ़ंग से लागू करने के लिए सभी लोगों को भावनात्मक रूप से जुड़कर काम करना होगा मुख्यमंत्री ने अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस गश्त लगातार जारी रखने और गश्ती वाहनों में जीपीएस लगाने का भी निर्देश दिया प्रधानमंत्री आवास योजना में खराब प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के बत्तीस प्रखंड विकास पदाधिकारियों बीडीओ को नोटिस जारी किया गया है इसमें पटना नालंदा नवादा सीवान जहानाबाद बक्सर और औरंगाबाद जिलों के प्रखंड शामिल हैं इन प्रखंडों का प्रदर्शन मई महीने में शून्य रहा है ग्रामीण विकास विभाग के सूत्रों के अनुसार जिन बीडीओ को नोटिस जारी किया गया है उनसे संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर विभागीय कार्रवाई की जायेगी केन्द्रीय शहरी विकास और आवास मंत्री हरदीप सिंह पूरी ने प्रदेश में चल रही अमृत योजना स्मार्ट सिटी मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की श्री पुरी ने इन तीनों ही योजनाओं के क्रियान्वयन गति पर संतोष जताते हुये कहा कि इन सबों को समय पर पूरा कर लिया जायेगा प्रदेश के लगभग पैंसठ लाख सामाजिक पेंशन पाने वाले ब्रजूर्गों को अब प्रत्येक साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा समाज कल्याण विभाग ने इसके लिए वसुधा केन्द्रों के साथ समझौता किया है लाभार्थियों को इन केन्द्रों या प्रखंड कार्यालय में जाकर अंगूठा या आंखों की स्कैनिंग करवानी होगी वसुधा केन्द्रों पर इसके लिए पांच रूपये शुल्क लिये जायेंगे जबकि प्रखंड कार्यालय में यह निःशुल्क होगा यह व्यवस्था अगले महीने से लागू हो जायेगी राज्य सरकार प्रदेश में आश्रय गृहों का संचालन स्वयं करेगी मूख्यमंत्री वृहत आश्रय योजना के नाम से आश्रय ग्रहों का निर्माण करवाया जायेगा समाज कल्याण विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पहले चरण में इस योजना को बारह जिलों में लागू किया जायेगा पांच एकड़ जमीन में बनने वाले आश्रय गृह में वृद्ध लड़के और लड़कियों को रखा जायेगा इन आश्रय गृहों में स्कूल पूजा स्थल खेलकूद के लिए मैदान पुस्तकालय और चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध रहेगी पटना हाई कोर्ट ने प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की स्थिति पर एक बार फिर कड़ी नराजगी जतायी है न्यायमूर्ति ज्योति शरण और पार्थसारथी की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुये याचिकाकर्ता को पीएमसीएच एनएमसीएच और एसकेएमसीएच सहित सभी अस्पतालों की पड़ताल कर वहां की वास्तविक स्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया वहीं एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुये खंडपीठ ने पटना शहर और आसपास के इलाकों में पेड़ों की अंधाध्रंध कटाई को लेकर कड़ी नाराजगी जतायी है न्यायालय ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक को अगले शुक्रवार तक शहर में पेड़ों की गिनती शुरू करने और चिन्हित पेड़ों की संख्या के संबंध में जानकारी देने की तिथि बताने का आदेश दिया है पटना के अगमक्आं थाना क्षेत्र के क्म्हरार के पास देर रात फूटपाथ पर सो रहे चार बच्चों को एक अनियंत्रित कार ने कुचल दिया जिसमें मौके पर ही तीन की मौत हो गयी मरने वालों की उम्र आठ से दस साल बतायी जाती है वहीं एक अन्य घायल बच्चे को गम्भीर स्थिति में पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है घटना से आक्रोशित लोगों ने कार चालक की पीट पीट कर हत्या कर दी जबकि एक अन्य कार सवार की हालत गम्भीर बतायी जाती है स्थानीय लोगों का आरोप है कि दोनों कार सवार शराब के नशे में थे

शिक्षा विभाग ने जिला परिषद और नगर निगम के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन अठाईस जून को किया जायेगा प्रमाण पत्रों की जांच एक से तीन जुलाई तक होगी जबकि मेधा सूची का अनुमोदन छह जुलाई को होगा मेधा सूची आठ जुलाई को सार्वजनिक की जायेगी जिला स्तर पर काउंसिलिंग और नियोजन पत्र का वितरण दस और ग्यारह जुलाई को होगा ये नियुक्तियां दो हजार आठ में प्रकाशित रिक्तियों के विरूद्ध की जा रही हैं पश्चिम चम्पारण जिले के चौतरवा थाना क्षेत्र के चूड़ीहरवा से पुलिस ने पचास हजार रुपये के इनामी अपराधी हरेंद्र चौधरी समेत सात अन्य को गिरफ्तार किया है वहीं जिले के नौतन थाना क्षेत्र से छह मोटरसाइकिल चोरों को हथियारों ओर चोरी की मोटरसाईकिलों के साथ गिरफ्तार किया गया है मुंगेर शहर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के पुरानीगंज मोहल्ला में पिछले दिनों छह लाख रुपये लूट के मामले में पुलिस ने चार अपराधियों को गिरफ्तार कर तीन लाख रुपये बरामद कर लिया है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 हिन्दुस्तान ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जवाब को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है शराब धंधेबाजों से मिलीभगत रखने वाले पुलिस अफसरों पर होगी कड़ी कार्रवाई प्रभात खबर की सुर्खी है राज्य में कमजोर पड़ा मॉनसून पटना का पारा फिर चालीस पार दैनिक भास्कर लिखता है नीति आयोग की हेत्थ रैंकिंग में बिहार और उत्तर प्रदेश लगातार दूसरे साल सबसे नीचे राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है रद्द होगी पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चौकसी की एंटीगुआ की नागरिकता होगा प्रत्यर्पण आज की सुर्खी है हाजीपुर में डायरिया से पैंतालीस बच्चे पीड़ित और अब अंत में मुख्य समाचार भीषण गर्मी के कारण आम जन जीवन अस्त व्यस्त